नवादा विधानसभा उप चुनाव के लिये भी अधिसूचना जारी

पुलिस अधीक्षक की गाड़ी क्षतिग्रस्त बिहार में लोकसभा की चार सीटों पर पहले चरण के लिये ग्यारह अप्रैल को होने वाले मतदान के लिये अधिसूचना जारी होने के साथ ही आज से नामांकन कार्य शुरू हो गया इस चरण में औरंगाबाद गया जमुई और नवादा में मतदान होगा पच्चीस मार्च तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं नामांकन पत्रों की जांच छब्बीस मार्च को होगी अठाईस मार्च तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकते हैं अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि अवकाश रहने के कारण इक्कीस से चौबीस मार्च तक नामांकन कार्य स्थगित रहेंगे पहले दिन आज सिर्फ औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र में एक नामांकन दाखिल हुआ स्वराज पार्टी की ओर से पूर्व विधायक सोम प्रकाश ने अपना नामांकन पर्चा भरा इधर नवादा में विधानसभा की एक सीट के लिये हो रहे उपचुनाव की अधिसूचना भी जारी कर दी गयी है राष्ट्रीय जनता दल के निलंबित विधायक राज बल्लभ यादव को अयोग्य ठहराये जाने के बाद से नवादा में उप चुनाव कराना आवश्यक हो गया था दूसरे चरण के चुनाव के लिये अधिसूचना कल जारी की जायेगी इस चरण में प्रदेश के पांच संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों किशनगंज कटिहार पूर्णिया भागलपर और बांका में कल से प्रत्याशियों द्वारा नामांकन भरने का कार्य शुरू हो जायेगा दूसरे चरण का मतदान अठारह अप्रैल को होगा लोकसभा चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर केन्द्रीय अर्द्वसैनिक बलों की अतिरिक्त कंपनियों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है आज त्रिपुरा से सीमा सुरक्षा बल की चार कंपनियां पटना पहुंची जहां से वे औरंगाबाद के लिये रवाना हो गयी जमुई में भी अर्द्वसैनिक बलों के जवानों के पहुंचने का सिलसिला जारी है इधर आयोग ने कहा है कि पहले चरण में ग्यारह अप्रैल को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुबह सात बजे से चार बजे के बीच ही मतदान कराया जायेगा निर्वाचन आयोग ने आज कहा कि राजनीतिक दलों के बिना प्रमाणन के राजनीतिक विज्ञापनों को सभी प्रकार के सोशल मीडिया पर जारी करने पर रोक लगाने के लिये आदेश जारी किया जायेगा आयोग की ओर से यह जानकारी आज बोम्बे हाईकोर्ट में दी गयी आयोग ने कहा कि इस संबंध में निर्वाचन आयोग और सोशल मीडिया से जुड़े अधिकारियों की कल बैठक आयोजित की गयी है लोजपा संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष चिराग पासवान की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में पार्टी की बैठक हुई बैठक में लोजपा द्वारा लड़ी जाने वाली छह संसदीय सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा की गयी गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के निधन के कारण शोक स्वरूप आज प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं की गयी श्री पासवान ने कहा कि जमुई हाजीपुर खगड़िया समस्तीपुर वैशाली और नवादा सीट पर प्रत्याशियों के नाम तय कर लिये गये हैं जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने आज कहा कि पार्टी के सत्रह प्रत्याशियों के नामों की घोषणा होली के बाद की जायेगी श्री सिंह ने पार्टी उम्मीदवारों के नामों को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ विचार विमर्श किया भाकपा माले ने आरा लोकसभा सीट से राजू यादव को प्रत्याशी बनाने की घोषणा की है पार्टी के राज्य सचिव कुणाल ने बताया कि उनका दल चालीस लोकसभा सीटों में से छह पर उम्मीदवार खड़े करेगा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चलाये जा रहे अभियान के दौरान प्रदेश के विभिन्न इलाकों से पुलिस ने इक्कीस अवैध हथियार सहित एक सौ आठ कारतूस और एक बम बरामद किया है मुजफ्फरपुर जिले के मुसहरी कांटी पानापुर सकरा और गायघाट थाना क्षेत्र से एक करोड़ रूपये से अधिक की शराब जब्त की गयी है इधर बेगूसराय में स्वान दस्ते की मदद से चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी कर लगभग सात हजार लीटर अवैध शराब जब्त की गयी वहीं औरंगाबाद में वाहन तलाशी अभियान के दौरान एक व्यक्ति से लगभग इक्कीस लाख रूपये नकद बरामद किये गये

इधर शेखपुरा जिले में वाहन जांच और तलाशी अभियान चलाकर उल्लंघन करने वालों से ढाई लाख रूपये का जुर्माना वसूल किया गया है लोकसभा चूनाव के मददेनजर प्रदेश में मतदाता जागरूकता अभियान व्यापक पैमाने पर चलाया जा रहा है इसमें स्वयंसेवी सहायता समूहों के अलावा गैर सरकारी संगठनों का सहयोग भी लिया जा रहा है कटिहार लोकसभा क्षेत्र में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिये महिला जागरूकता रैली निकाली गयी जिलाधिकारी प्रनम ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया इस रैली में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका आशा कार्यकर्ता और जीविका दीदीयों ने बड़ी संख्या में भाग लिया इधर औरंगाबाद जिले के सभी प्रखंडों में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत बड़ी संख्या में जीविका दीदीयों और आंगनबाड़ी से जुड़ी महिला कर्मियों को मताधिकार के लिये उत्साह जगाने की शपथ दिलायी गयी पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन थाना क्षेत्र में दो लोगों की हत्या से आक्रोशित लोगों ने आज पुलिस अधीक्षक के वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया आक्रोशित लोग कई घंटों तक पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते रहे और सड़क जाम किया लोगों को समझाने बुझाने पहुंची पुलिस टीम को स्थानीय लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा इससे पहले घोड़ासहन प्रखंड के पास मोटरसाईकिल सवार अज्ञात अपराधियों ने आज दिन दहाड़े गोली मारकर एक वार्ड सदस्य सहित दो लोगों की हत्या कर दी प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि वार्ड सदस्य सियाराम महतो और उनके सहयोगी प्रखंड कार्यालय जा रहे थे इसी दौरान अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया वैशाली जिले के औद्योगिक थाना क्षेत्र अंतर्गत गांधी सेतु पर अपराधियों ने एक पिकअप वैन सहित चालीस लाख रूपये के सामान लूट लिये जानकारी के अनुसार अपराधियों ने एक कूरियर कंपनी के पिकअप वैन के चालक और उप चालक को हथियारों का भय दिखाकर बंधक बना लिया और सामान समेत पिकअप वैन लेकर फरार हो गये प्रलिस मामले की छानबीन कर रही है जहानाबाद की त्वरित अदालत ने दो हजार सत्रह के तिहरे हत्याकांड मामले में आज सजा सुनायी अदालत ने इस मामले में दोषी चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है वर्ष दो हजार सत्रह में जिले के परासबीघा थाना के मिसिरबिघा में अपराधियों ने लाठी डंडों से पीट पीटकर तीन भाईयों की हत्या कर दी थी इधर जमुई के अपर जिला और सत्र न्यायाधीश ने सिकंदरा थाना क्षेत्र में एक युवक की चाकू मारकर हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास और तीस हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनायी दिल्ली की विशेष अदालत मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषणकांड मामले में पच्चीस मार्च को आरोप तय करेगी इस मामले में मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर समेत पच्चीस लोगों के खिलाफ मामले की सुनवाई चल रही है होली के दौरान सिपाही से लेकर आईजी तक पुलिस वर्दी में ड्यूटी करेंगे प्रलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय ने कहा कि प्रलिसकर्मी यदि सादे लिबास में पाये जायेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों की ड्यूटी चौबीसों घंटे रहेगी प्रलिस महानिदेशक ने कहा कि प्रलिस अधीक्षक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी प्रत्येक दो दो घंटे पर ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों की हाजिरी लेंगे बेगूसराय जिले में पांचवीं और आठवीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा के मद्देनजर बीस मार्च को सभी स्कूल खूले रहेंगे जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि वार्षिक परीक्षा के कारण पूर्व से बीस मार्च को घोषित होली पर्व का अवकाश रद्द कर दिया गया है खगड़िया जिले के मानसी थाना क्षेत्र अंतर्गत चुकती गांव में करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गयी मृतक जदय्र की स्थानीय विधायक प्रनम देवी का भांजा बताया जाता है बेगूसराय जिले के बछवाड़ा थाना क्षेत्र के चिरंजीवीपूर गांव के पास सड़क दुर्घटना में एक अधिवक्ता की मौत हो गयी कटिहार रेलवे स्टेशन पर चलाये गये जांच अभियान के दौरान अवध आसाम एक्सप्रेस ट्रेन के एक साधारण श्रेणी के डिब्बे से रेल पुलिस ने एक सौ से अधिक लीटर विदेशी शराब बरामद की है समस्तीपुर किशोर न्याय बोर्ड की प्रधान दंडाधिकारी सुचित्रा सिंह ने एक सिपाही पर जानलेवा हमले करने के मामले में चार बाल कैदियों पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है साथ ही इन सभी बाल कैदियों को दरभंगा बाल सुधार गृह से तुरंत प्लेस ऑफ सेफ्टी शेखप्रा स्थानांतरित करने को कहा है

नवादा विधानसभा उप चूनाव के लिये भी अधिसूचना जारी

पुलिस अधीक्षक की गाड़ी क्षतिग्रस्त